उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बडा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका उसकी आत्म निर्भरता और आत्मा गौरव का प्रतीक है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है उन्होंने भारत को धन्यवाद देने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति के टवीट का जिक्र भी किया प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में भारत की उन चार महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने अमरीका के सेन फ्रांसस्किों से बेंगलुरू तक की सीधी उडान की कमान संभाली उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है

इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायड् ने संसद के बजट सत्र को देखते हुए आज राज्यसभा के सभी दलों की बैठक बुलाई है बैठक में सत्र के दौरान सदन का कामकाज व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की जायेगी

पल्स पोलिया अभियान प्रदेश में तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को पोलियो की खुराक देकर की इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे

पहले दिन आज बूथ स्थर पर दवा पिलाई जायेगी इसके बाद हेल्थ वर्कर घर घर जाकर बच्चों को पोलियों की दवा पिलायेंगे

वहीं शिवपुरी में दो हजार के करीब पोलियो बूथ बनाये गये हैं ढाई लाख बच्चों को दवा पिलाई जायेगी उधर आगरमालवा सतना सहित अन्य जिलों से भी पोलियो अभियान शुरू होने की खबर मिली है